विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि क्वालालम्पुर हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय विद्यार्थी और अन्य यात्रियों की मुश्किलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है उन्होंने इन लोगों से स्थिति की गंभीरता और ऐहतियाती उपायों का महत्व समझते हुए एयर लाइंस से सम्पर्क करने को कहा है

मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित प्रत्येक व्यक्ति को अलग रखा जाए और उसका समुचित ईलाज किया जाए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न धर्मो के धर्मगुरू और प्रमुख मंदिरों के महन्तों की बैठक बुलाकर उनसे अपील की है कि वे श्रद्वालूओं को नसीहत दें कि धार्मिक स्थलों मेलों और आयोजनों में कुछ दिन भाग लेने से बचें

बैठक के बाद धर्मग्रूओं और महन्तों ने लोगों के लिए एक संयुक्त अपील भी जारी की इससे पहले मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों से बैठकें और सभाएं कम करने या टालने की अपील की बैठक में चिकित्साा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आपात योजना तैयार कर ली गई है कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में इस महीने केवल अतिआवश्यक मामलों पर ही सुनवाई की जाएगी साथ ही संकमण रोकने के लिए सभी कैंटीन को बंद रखा जाएगा और पक्षकारों के पास भी नहीं बनाए जाएंगे न्यायालय जयपुर कोटा और जोधप्र के छह नगर निगमों के चुनाव स्थगित कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र और इस मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई कर सकता है इधर ट्रेनों में कम यात्री भार के कारण कई रेल सेवाओं को कुछ दिनों के लिए रद्द किया गया है इनमें अंबाला और श्रीगंगानगर के बीच चलने वाली रेलगाड़ी तथा मुंबई सेंट्रल जयपुर दुरंतो एक्सप्रेस शामिल है बूंदी जिले में रोजगार सहायता शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है सवाईमाधोपुर जिले के रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में आज सुबह से पर्यटकों के भ्रमण पर पाबंदी लगा दी गई है

भरतपुर के केवलादेव अभयारण्य में भी पर्यटन प्रतिबंधित रहेगा

बैंक के मनोनीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार ने ग्राहकों को भरोसा दिया है कि नकदी के मामले में चिंता की कोई बात नहीं है और सभी बैंक शाखाओं और एटीएम में पर्याप्त मात्रा में नकदी है उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि नकदी के लिए बाहरी स्त्रोतों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी उन्होंने जमाकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित है